बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बिहार में एक बार फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले तीन दिनों से हो रही भारी वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है

राजधानी पटना के राजेंद्र नगर कदमकुआं कंकड़बाग पुनाईचक श्रीकृष्णापुरी राजीवनगर समेत कई इलाकों में जलजमाव हो गया है कई जगहों पर प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था की गई है पटना जंक्शन के महावीर मंदिर के निकट पानी भर जाने से स्टेशन पहुंचने में लोगों को कठिनाई हो रही है कई जगहों पर पटरी पर भी पानी जमा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं भागलपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले के नवगछिया गोपालपुर रंगरा सुल्तानगंज बिहपुर नारायणपुर सबौर नाथनगर पीरपैंती आदि प्रखंडों के करीब दो सौ अड़तालीस गांव जलमग्न हैं और इससे दो लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है जिलाधिकारी ने कहा कि सुल्तानगंज नाथनगर सबौर आदि जगहों पर बाढ़ का पानी राष्ट्रीय उच्च मार्ग अस्सी पर बहने और इससे भीषण कटाव होने के कारण सड़क आवागमन बंद कर दिया गया है नवादा जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण सकरी खुरी तिलैया पंचाने और ढ़ाढर नदियों में बाढ़ आ गई है इस कारण जिले के करीब दो सौ गांवों का संपर्क भंग हो गया है नदियों के जलस्तर में वृद्धि से नवादा जिले के हिसुआ के समीप तिलैया ढाढर नदी पर बना डायवर्जन ध्वस्त हो गया है इसके चलते बोधगया राजगीर पथ पर आवागमन बाधित हो गया है प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान ढहने और बारिश से जुड़ी अन्य हादसों में छब्बीस लोगों के मरने की खबर है कैमूर जिले के भभुआ नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या सात में मकान की दीवार गिरने से उसमें दबकर एक वृद्वा और एक किशोरी की मौत हो गई वहीं गया जिले के परैया प्रखंड में मोरहर नदी के तट स्थित मुबारकपुर गांव में भारी बारिश से एक मकान की दीवार के गिर जाने से माँ बेटी की मौत हो गयी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई इधर शेखपुरा जिले में घाटकुसुम्भा प्रखंड में एक मकान के ढहने से छह लोग घायल हो गये उधर प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है आपदा प्रबधंन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर हर जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नदियों में बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आशंका को देखते हुये अधिकारियों के साथ बैठक की और अगले पंद्रह अक्टूबर तक विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया साथ राहत कैंपों के लिये जगह चिन्हित करने को भी कहा उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिवहर सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण पश्चिमी चम्पारण दरभंगा मध्रबनी समस्तीपुर बेगूसराय खगड़िया मुंगेर भागलपुर कटिहार पूर्णिया अररिया किशनगंज सुपौल मधेपुरा वैशाली सारण सीवान एवं गोपालगंज जिले के जिलाधिकारियों से नदियों के जलस्तर और वर्षा की स्थिति की जानकारी ली उधर मुख्य सचिव सचिव दीपक कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के साथ ही कई संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की भारी बारिश के कारण रेल और हवाई मार्ग भी प्रभावित हुये हैं शनिवार को भारी बारिश के कारण तीन विमानों की उड़ान रद्द कर दी गयी जबकि कई विमानों को डायवर्ट किया गया उधर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है जबकि कुछ ट्रेनों को मार्ग परिवर्तित कर चलाया जा रहा है मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के लिए शिवहर सीतामढ़ी सारण बेगूसराय भोजपुर बक्सर जमुई मधुबनी और मुजफ्फरपुर समेत चौदह जिलों के लिये रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है इन जिलों में इक्कीस सेंटीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है पिछले चौबीस घंटों में वैशाली जिले के जन्दाहा और नवादा जिले के रजौली में दो सौ मिलीमीटर से ऊपर वर्षा हुई है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि मध्य बिहार पूर्वी बिहार उत्तर पूर्वी बिहार और दक्षिण पूर्वी बिहार में वर्षापात की स्थिति बनी रहेगी उसके बाद स्थिति में सुधार होगी और तीन अक्टूबर तक स्थिति सामान्य हो जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल राज्य के मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाये रहेंगे तथा मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है इस दौरान कई क्षेत्रों में तेज हवा चलने के भी आसार हैं केंद्रीय जल आयोग के सूत्रों ने बताया कि गंगा समेत छह नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं गंगा पटना के दीघा घाट गांधी घाट मुंगेर भागलपुर और कहलगांव में कोसी बालतारा तथा कुरसैला में बागमती ढेंगब्रिज रुन्नीसैदपुर और बेनीबाद में बूढ़ी गंडक खगड़िया में कमला बलान जयनगर में तथा सोन नदी पटना के निकट मनेर में लाल निशान से ऊपर है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक कार्यक्रम की यह संतावनवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है भगवान विष्णु की पावन नगरी के रूप में विश्वविख्यात गया में एक पखवाड़े से चल रहे पितृपक्ष महासंगम का कल समापन हो गया शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार के मेले में जिला प्रशासन ने काफी बेहतर व्यवस्था की थी समारोह के दौरान मेला में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया इस मौके पर मगध प्रमंडल के आयुक्त सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे शक्ति की देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो गया है देवी की अर्चना के लिए श्रद्धालु मंदिर जा रहे हैं नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है इस बार नौ दिनों का नवरात्र है पूजा को लेकर आज देवी मंदिरों और पूजा पंडालों में विशेष तैयारी की गयी है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोसी नदी पर नये पूल के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है मध्रबनी के भेजा और सुपौल के बकौर के बीच बनने वाले इस पुल के निर्माण में एक हजार तीन सौ पैंतालीस करोड़ रूपये से अधिक की लागत आयेगी शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार कानून के कार्यान्वयन के लिये राज्य के चौहत्तर हजार प्रारंभिक विद्यालयों में अभियान चलाया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचारों पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में भारी बारिश और इसके मद्देनजर जारी अलर्ट को अपनी प्रमुख खबर बनाया है सभी अखबारों ने भारी बारिश और जलजमाव की खबरों के साथ तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं हिन्दुस्तान का शीर्षक है पटना में बारिश का कहर सड़क पर नाव दैनिक भास्कर का शीर्षक है उफ जिनके भरोसे हम थे उन मंत्रियों के घर भी डूबे दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस निर्देश को सुर्खी बनायी है जिसमें उन्होंने पंद्रह अक्टूबर तक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है प्रभात खबर की विशेष खबर है बिहार के बेटे का कमाल अब पानी में तैरेगी ईंट राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पाकिस्तान को भारत की खरी खरी